केंद्रीय केबिनेट सचिव ने ग्राम स्वराज अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं की शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर सराहना की राज्य में महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रूपये की सहायता दी जाएगी

राष्ट्रपति दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं इस दौरान वे बस्तर और दंतेवाड़ा जिले का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति कल विमान से जगदलपुर पहचेंगे और वहां से हेलीकाप्टर के जरिये दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव जाएंगे

इसके बाद राष्ट्रपति इसी दिन जगदलपुर से रायपुर आकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है राष्ट्रपति कल शाम चित्रकोट भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे इस अवसर पर लोक नृत्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा साथ ही चित्रकोट परिसर में बस्तर की लोक कलाओं की प्रदशनी लगाई जाएगी

गौरतलब है कि राष्ट्रपति श्री कोविंद का यह दूसरा छत्तीसगढ़ प्रवास होगा वहीं वे बस्तर आने वाले देश के चौथे राष्ट्रपति होंगे इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल बस्तर के प्रवास पर आ चुकी हैं केंद्रीय सचिव समीक्षा केंद्रीय केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने ग्राम स्वराज अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं की शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने पर सराहना की है श्री सिन्हा ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राष्ट्रव्यापी ग्राम स्वराज अभियान के दौरान जन सामान्य से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की इनमें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जन धन योजना मिशन इंद्रधनुष सोभाग्य उजाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली छत्तीसगढ़ की ओर से अधिकारियों ने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के पहले चरण में राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली गई है केंद्रीय सचिव ने छत्तीसगढ़ में किए गए कार्यो पर संतुष्टि जताई बैठक में बताया गया कि ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण एक जून से शुरू हो गया है जो आगोमी पंद्रह अगस्त तक चलेगा छत्तीसगढ़ के दस जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आकांक्षी जिलों में योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी

इस संबंध में श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है यह सहायता अधिकतम दो बच्चों के लिए दी जाएगी असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत सभी तिरपन प्रकार की पंजीकृत महिला श्रमिकों को यह राशि मिलेगी इसमें ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिक भी शामिल हैं हितग्राहियों को सहायता राशि के लिए बच्चे के जन्म होने के बाद नब्बे दिनों के भीतर आवेदन देना होगा ये आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर कम्प्यूटर सेंटर या संबंधित जिले के श्रम विभाग कार्यालय में ऑनलाइन जमा करने होंगे आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट का विवरण भी देना होगा

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि सुरक्षा बलों का संयुक्त दल गश्त पर निकला हुआ था

इस मुठभेड़ में तीन लाख रूपये का इनामी एलओएस सदस्य जगनू राम मारा गया मौके से सुरक्षा बलों ने माओवादी के शव के साथ नौ एमएम पिस्टल और एक रायफल भी बरामद की है

रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी चौधरी के निर्देश पर जिले में मतदान दलों के गठन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटाबेस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जा रहा है कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को आगामी चार अगस्त तक अपने और अधीनस्थ सभी कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों का डाटाबेस अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के निर्देश दिए है निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक विभाग के जिला प्रमुखों को स्वयं के और अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की डाटा एण्ट्री अपने ही कार्यालय में करवाना है यदि कोई दिव्यांग कर्मचारी है तो उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को भी स्केन कर अपलोड करना है वायुसेना भर्ती रैली वायुसेना के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए तीस जुलाई से राजधानी रायपुर में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी अट्ठाईस अगस्त तक चलने वाली इस रैली के लिए प्रतिभागी अपना पंजीयन करा सकते हैं भर्ती रैली में लिखित परीक्षा अंग्रेजी तर्क शक्ति शारीरिक जांच और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा जशपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इच्छुक उम्मीदवार अपना पंजीयन पच्चीस जुलाई से तीस जुलाई तक दोड़का चौरा गमरिया में करा सकते हैं विद्युत उप केंद्र राज्य के माओवाद प्रभावित दूरदराज के इलाकों में राज्य सरकार विद्युत नेटवर्क का विस्तार कर रही है इसी के तहत नारायणपुर जिले के नेलवाड़ में विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है इसे तैयार करने में करीब उनतालीस करोड़ रूपए की लागत आएगी यह गांव जिला मुख्यालय नारायणपुर के नजदीक है इसका निर्माण पूरा होने से केंद्र सरकार के सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत जिले में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नेलवाड़ में इस उपकेन्द्र का निर्माण अगले दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा इससे पूरे जिले में बिजली की गुणवत्तापूर्ण और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा कम वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहेगी मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है राजधानी रायपुर में आज दिनभर बदली छाई रही हालांकि बारिश नहीं हुई प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में छिटपुट बारिश के समाचार मिले हैं रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है यह ऊपरी चक्रवात करीब छह किलोमीटर तक फैला हुआ है इसके प्रभाव से आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है मोहरा में पानी पूल के करीब एक फीट ऊपर से बह रहा है जिले में अब तक चार हजार एक सौ दस मिलीमीटर बारिश हुई है इस बारिश से पिछले वर्ष का रिकॉर्ड ट्रट गया है सबसे अधिक बारिश मोहला मानपुर क्षेत्र में हुई है जलस्तर बढ़ने की वजह से मोगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है हाल के दिनों में हुई बारिश के कारण अनेक नदी नाले उफान पर आ गए हैं